पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार छह सौ इकहत्तर हुई

रेलवे द्वारा एक जून से दो सौ नॉन एसी रेलगाड़ियों के परिचालन की घोषणा के बाद इन ट्रेनों के लिए आज दिन के दस बजे से ऑनलाईन बुकिंग शुरू हो जाएगी ब्रकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी की वेबसाइट और एप्प पर होगी स्टेशनों पर ब्रकिंग काउंटर नहीं खुलेंगे जिन दो सौ ट्रेनों का परिचालन होगा उसमें बिहार से गुजरने वाली चौबालीस ट्रेन शामिल हैं दुरंतो संपर्क क्रांति जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के परिचालन को अनुमति दी गयी है वहीं टाटानगर से दानापुर दरभंगा से अहमदाबाद जयनगर से अमृतसर राजगीर से दिल्ली रक्सौल से आनंद विहार पाटलीपुत्र से मुम्बई और सहरसा से दिल्ली के लिए भी ट्रेनों का परिचालन होगा सभी ट्रेनों का परिचालन पूर्व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही होगा आरक्षण की अवधि तीस दिनों की होगी और किराया पहले की तरह ही रहेगा टिकट रद्द करवाने के लिए भी सामान्य नियम ही लागू होंगे इधर रेल मंत्रालय ने आज से रेलवे स्टेशनों पर फूड स्टॉल और वेंडिंग यूनिट खोलने की अनुमति दे दी है नागरिक उड़ुयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने घोषणा की है कि घरेलू उड़ानें पच्चीस मई से शुरू हो जाएंगी एक ट्वीट संदेश में श्री पुरी ने कहा कि सभी हवाई अड्डों और विमानन कम्पनियों को सोमवार से संचालन के लिए तैयार रहने की सूचना दी जा रही है केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत से जुड़े कई पैकेज को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को दो महीने तक प्रतिमाह पांच किलो अनाज मुफ्त दिये जाने को मंजूरी दी गयी साथ ही सूक्ष्म लघु और मंझौले उद्यमों के लिए नौ दशमलव दो पांच प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रूपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकृति दी गयी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए बीस हजार पचास करोड़ और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए दस हजार करोड़ रूपये मंजूर किये गये उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार के हर जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराया जायेगा श्री पासवान ने कहा कि राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित चौदह लाख लोगों को अनाज उपलब्ध कराया गया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इन लोगों के लिए लगभग दो हजार सात सौ सत्तर टन अनाज आवंटन को मंजूरी दी है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार बिहार के लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के चौथे चरण के दौरान देश भर के लिए कोविड उन्नीस प्रबंध के दिशा निर्देश जारी किये हैं गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों ने स्थानीय स्थिति के आकलन के आधार पर अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन के दिशा निर्देश जारी किये हैं

जिनमें राष्ट्र स्तर पर कुछ सीमित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी साथ ही कंटेन्मेन्ट जोन्स में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी परिस्थितियों के अनुसार राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारे अपने अपने क्षेत्रों के लिये दिश निर्देश जारी कर चुकी हैं वे स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मापदंडों के अनुसार रैड ऑरेंज ग्रीन बफर एवं कंटेन्मेंट जोन का सीमांकन कर रही हैं गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन मेजर्स को मॉनिटर कर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि क्वारेंटीन सेंटर में अव्यवस्था होने पर संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिम्मेवार होंगे उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने डीएम और एसपी को ऐसे केन्द्रों की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया श्री कुमार ने प्रदेश के सभी आधार केन्द्रों को खोलने का निर्देश दिया है

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अभी प्रदेश में तीन लाख अंठावन हजार से अधिक योजनाओं पर काम हो रहा है और लगभग तेरह लाख से अधिक श्रमिक इन योजनाओं से जुड़े हैं

अब तक लगभग सवा सात लाख श्रमिक बिहार पहुंच चुके हैं आज सत्तर रेलगाड़ियों के माध्यम से एक लाख तेईस हजार से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे आज सबसे अधिक तेरह ट्रेन उत्तर प्रदेश से आ रही है जबकि महाराष्ट्र और गूजरात से आठ आठ पंजाब से छह दिल्ली से पांच तथा तमिलनाडू और हरियाणा से तीन तीन ट्रेनें पहुंचेगी इस महीने के अंत तक नौ लाख से अधिक प्रवासियों के बिहार लौटने की संभावना है देश में कोविड उन्नीस के रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग चालीस प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि लॉकडाउन लागू होने के समय रोगियों के ठीक होने की दर सात दशमलव एक प्रतिशत थी जिसमें लगातार सुधार हो रहा है

एकट्र करते रहे फोकस रहा कि हम कोशिश करें कि हम हर दिन केस आइडेन्टिकिकेशन करे उसके साथ ही जो हमारा वलीनिकल मैनेजमैन्ट है जो पॉजिटिव केस है उस पर हम एकर्ट करे

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि विश्व में एक लाख की जनसंख्या में से बासठ लोग संक्रमित हैं जबकि भारत में यह संख्या केवल सात दशमलव नौ है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि विश्व के दस सबसे अधिक प्रभावित देशों में एक लाख की आबादी में एक सौ पन्द्रह से चार सौ छियानवे लोग संक्रमित हए उन्होंने कहा कि विश्व में कोविड उन्नीस से एक लाख की आबादी में से चार दशमलव दो लोगों की मौत हुई जबकि भारत में यह आंकडा शून्य दशमलव दो है उन्होंने बताया कि अन्य देशों की तुलना में भारत में कोरोना संक्रमितों को जीवन रक्षक प्रणालियों की आवश्यकता काफी कम हो रही है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार छह सौ इकहत्तर हो गयी है इनमें से पचास प्रतिशत मामले प्रवासी मजदूरों के हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ पचपन नये मामले सामने आये हैं इनमें सबसे अधिक बक्सर से इक्कीस लोग पॉजिटिव मिले हैं खगड़िया से पन्द्रह भागलपुर से बारह बांका से ग्यारह और पटना से नौ मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक जो मामले सामने आये हैं उसमें चार सौ अंठानवे संक्रमितों की आयु बीस से तीस वर्ष के बीच है वहीं तीन सौ तिरानवे शून्य से बीस वर्ष के बीच तीन सौ पैंसठ इकतीस से चालीस वर्ष के बीच और एक सौ उनासी संक्रमित इकतालीस से पचास वर्ष के बीच के हैं इक्यावन से साठ वर्ष के बीच आयु वर्ग के निन्यानवे लोग संक्रमित हुए हैं वहीं विभाग ने कहा है कि राज्य लौटे आठ सौ तैंतालीस प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण की प्रष्टि हुई है इनमें सबसे अधिक दो सौ उनचास दिल्ली से लौटे हैं महाराष्ट्र से लौटे एक सौ सत्तासी और गुजरात से लौटे एक सौ अंठावन लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुई है प्रदेश में अब तक पांच सौ इकहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि दस लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बारह हजार तीन सौ उनसठ हो गयी है पैंतालीस हजार तीन सौ लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि तीन हजार चार सौ पैंतीस लोगों की मौत हुई है मशहूर गायिका और अभिनेत्री सलमा आगा ने लोगों से आग्रह किया है कि वे ईद की अनावश्यक खरीददारी के बजाए जरूरतमंद लोगों की मदद करें आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश कठिनाई के दौर से गुजर रहा है और सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए

बाहर मत निकलें अन्दर रहें मगर जो भी आपकी में वाकिफ था जो उनको मदद दे सकते हैं आप जरूर भेजिये रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के गरभे गांव स्थित एक क्वारेंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूर के गांव में घूमने को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई इस घटना में एक व्रद्ध गोली लगने से घायल हो गये वैशाली जिले के हाजीपूर स्थित एक क्वारेंटीन केन्द्र पर एक प्रवासी श्रमिक द्वारा आत्महत्या किये जाने का मामला प्रकाश में आया है पुलिस ने बताया कि मृतक जारंग गांव का रहने वाला था इस बात की जांच चल रही है कि श्रमिक ने किन परिस्थितियों में आत्महत्या की पूर्वी चंपारण जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुंदरपट्टी में बने क्वारेंटीन सेंटर पर शराब बेचने का विरोध करने पर तस्करों ने मारपीट की जिसमें एक व्यक्ति का पैर ट्रट गया इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है केन्द्र सरकार ने नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ ओपेन स्कूलिंग एनआईओएस से डीएलएड कोर्स को शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के लिए मान्यता दे दी है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी श्री निशंक ने बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में कदम उठाने को कहा है इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पटना हाईकोर्ट को सूचित किया है कि रद्द की गयी एसटीईटी परीक्षा कोरोना संकट खत्म होने के बाद होगी वरिष्ठ पत्रकार एस ए शाद का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया इंजीनियरिंग के पेशे को छोड़ उन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के लिए पत्रकारिता की उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार समेत पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में चक्रवात अम्फन का कोई खास प्रभाव नहीं होगा विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश जबकि उत्तरी हिस्सों में मध्यम बारिश की संभावना जतायी है अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल छाये रहने और तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है इधर पटना सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में देर रात से आसमान में बादल छाये हुए हैं और हल्की ब्रूंदाबादी हो रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने महाचक्रवात अम्फन और कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है प्रभात खबर ने लिखा है इक्कीस साल के सर्वाधिक तेज तूफान ने मचायी तबाही चौदह लोगों की मौत हिन्दुस्तान ने इसी खबर को शीर्षक दिया है बिहार में अम्फन चक्रवात को लेकर अलर्ट दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदेश में कोरोना से दसवीं मौत दैनिक भास्कर लिखता है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का तबादला आज और राष्ट्रीय सहारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर की गयी समीक्षा बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार छह सौ इकहत्तर हुई